मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कल और परसों बाजार बंद रहेंगें सरकारी कर्मचारी घर से करेंगें काम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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित राज्यों में अधिक से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करवाने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की भी जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने महामारी पर रोक लगाने के लिए बेहतर प्रबंधन तेजी से जांच और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने आज ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री आज शिमला स्थित दीन दयाल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि फेस मास्क का उपयोग परस्पर दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन और नियमित रूप से हाथ धोने से कोरोना संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत देश के निर्धन परिवारों को मई और जून महीने में पांच पांच किलो अनाज निशुल्क वितरित करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया भाजपा अध्यक्ष प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश मे चल रही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीड़ितों की सेवा में भाजपा भोजन दवाईयां काढ़ा और हैंड सैनिटाईजर उपलब्ध करवाएगी उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा महिला मोर्चा कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर इस बार भी अधिक से अधिक लोगों को फेस मास्क बांटेगा सुरेश कश्यप आज भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की अध्यक्षता कर रहे थे

मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि धर सूद ने भी बैठक को संबोधित किया

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नैटवर्क पर प्रसारित होगा बाजार बंद राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कल और परसों यानि शनिवार और रविवार को बाजार और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगें इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक इन दो दिनों के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिम मॉल स्वीमिंग पूल खेल परिसर और पार्क भी बंद रहेंगे जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें खुली रहेंगी उनमें फल सब्जी दूध मीट और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल है ये दुकाने भी दोपहर एक बजे तक ही खुली रहेंगी रेस्टोरेंट ढाबे और होटल केवल टेक अवे और होम डिलिवरी सेवा के लिए ही उपलब्ध रहेंगे

इस संबंध में राज्य के सभी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने पूर्व मुरव्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलाब चंद गुप्ता के निधन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज फुल कोर्ट रैफरेंस का आयोजन किया इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने न्यायमूर्ति गुलाब चंद गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की

मौसम प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते चार दिनों तक हुई बर्फबारी और राज्य के निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हो रही बेमौसमी बर्फबारी के चलते सभी सड़कें अवरूद्व हो गई हैं और तारें टूटने से बिजली तथा संचार सेवाएं भी बाधित हैं

मौसम के खराब बने रहने के चलते घाटी के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

चंबा जिला की पांगी घाटी का चौथे दिन भी शेष विश्व से संपर्क कटा हुआ है किन्नौर लाहौल स्पीति और पांगी प्रशासन ने हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है इस बीच प्रसिद्व पर्यटक स्थल नारकंडा और मनाली में भी हिमपात हुआ बेमौसमी बर्फबारी से शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति कुल्लू पांगी और चंबा जिला के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है राज्य के निचले इलाकों में भी वर्षा से गेहूं की फसल को नुकसान की सूचना है

इस घटना मे किसी प्रकार का जानी नुकसान नही हुआ है क्योंकि भवन को स्थानीय प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दिया था प्रदेश में चार दिनों तक हुई व्यापक वर्षा और बर्फबारी से फिलहाल पेयजल संकट टल गया है इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले स्थाानों पर हिमपात की संभावना जताई है राज्य में कल से मौसम में सुधार की संभावना है रोहित ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने ओलावृष्टि और बेमौसमी हिमपात से सेब की फसल को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई हैं रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सेब की फसल को हुए नुकसान का आंकलन कर आपदा राहत कोष और फसल बीमा योजना के तहत बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने भी बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि से उनके क्षेत्र में फलों और फसलों को हुए नुकसान की भरपाई का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है उन्होंने लोगों से इस महामारी से पूरी तरह सजग रहने और इसे रोकने के लिए बचाव के सभी साधनों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिमला और कांगड़ा में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पार्टी की ओर से दो कंट्रोल रूम स्थापित किए है